उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पोक्सो ई बाक्स के जरिए दी जा सकती है मेनका गांधी ने कहा पोक्सो कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं

यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियोंए रेलवे कर्मचारियों और रक्षा बलों में कार्यरत लोगों की भविष्य निधि पर मिलेगी सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंद्र सिंह ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस अनुसूचित विभाग एक मजबूत संगठन है और पार्टी की रीढ़ है शिमला में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उपेक्षा कतई सहन नहीं करेगी सुखविंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उपेक्षा किए जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस जल्द ही मंडी में एक राज्य स्तरीय रैली आयोजित करेगी नवरात्र शारदीय नवरात्रों के आठवें दिन आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता के अनुसार हिमालय में कड़ी तपस्या के दौरान इनके अंगों पर मिटटी की परतें जम गई थी जिन्हें शिव ने गंगाजल से साफ किया तो देवी के अंग गौर वर्ण में खिले उठे तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा

जेबीटी कांगड़ा जिला में दिव्यांग कोटे से जेबीटी शिक्षकों के पांच पद बैच वाईज आधार पर भरे जाएंगे प्रारंभिक उपशिक्षा निदेशक कांगड़ा दीपक किनायत ने कहा कि इन में से दो पद सामान्य वर्ग से दो अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति से भरा जाएगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

नरेंद्र बरागटा को मुख्य सचेतक बनाए जाने को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है बरागटा को अब जनमंच के राज्य समन्वयक का भी जिम्मा आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है सरकार पूरे प्रदेश का न्यायसंगत विकास बना रही सुनिश्चित घरों में सोलर प्लांट से तैयार बिजली नहीं खरीदेगा बोर्ड शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है बिजली बोर्ड ने कहा वित्तीय स्थिति खराब भुगतान नहीं कर सकते एनजीटी के निर्देश पर नदियों में खनन की जांच के लिए बनाई जाएंगी कमेटियां इसी पत्र की एक अन्य खबर है दुर्गम क्षेत्रों में हवाई उड़ानों के अच्छे दिन दिव्य हिमाचल की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार मनाली रोहतांग ज्वॉय राइडिंग को आ गया चौपर अब सरकार की हरी झंडी बाकी जल्द शुरू होगा सुहाना सफर

साहब हमें नहीं रहना यहां होती है मारपीट शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है मंडी के चेलचौक बाल आश्रम के बच्चों ने अफसरों से की शिकायत हाईकोर्ट से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है ईटीटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज पंजाब केसरी ने बकौल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लिखा है एनजीटी के आदेशों का अध्ययन कर रही हिमाचल सरकार

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सपादकीय में लिखा है हिमाचल के साहित्यिक जगत को यदि जयपुर लिटफेस्ट की तर्ज पर अपना मुकाम बनाना है तो हिमाचली सृजनशीलता के आयाम और बौद्धिक कर्मठता के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष लिटफेस्ट बनाना होगा जो राज्य के प्राथमिक विषयों और विचारों का प्रतिनिधित्व मी करें शीर्षक है कसौली से भली शिमला की चर्चा